इस अवसर पर वित्त मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज के तहत क्छ और घोषणाएं किये जाने की संभावना है इससे पहले वित्त मंत्री ने कल किसानों मजदुरों और छोटे व्यापारियों के लिए वित्तीय सहायता और योजनाओं की घोषणा की

वित्त मंत्री ने देश के विभिन्न भागों में रह रहे प्रवासियों को अगले दो माह तक पांच किलो अनाज प्रति व्यक्ति तथा एक किलो चना प्रति परिवार प्रतिमाह निशल्क देने का भी ऐलान किया रेहडी पटरी वालों के लिए भी सरकार एक माह में योजना लाएगी जिसके तहत प्रत्येक रेहड़ी पटरी वाले को दस हजार रूपए तक की प्रंजी उपलब्ध करायी जाएगी केन्द्र के इन कदमों का प्रदेश में स्वागत किया गया है

वहीं झालावाड में ही चाय का ठेला लगाने वाले राकेश सुमन ने भी सरकार द्वारा ठेला लगाने वालों के लिए की गई घोषणा का स्वागत किया राज्य में प्रवासियों के आवागमन का सिलसिला जारी है आज मुम्बई से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन राजस्थानी प्रवासियों को लेकर सीकर पहुंच रही है

इधर केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक और निजी परिवहन पर प्रतिबंधों को देखते हुए यात्रियों को रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को विशेष बसें अनुबंधित करने की अनुमति दे दी है गृह मंत्रालय ने कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत ई टिकटों की पुष्टि के आधार पर रेलवे स्टेशन से निवास तक यात्रियों के आने जाने की अनुमति दी गई है प्रदेश में कोरोना सक्रमित लोगों के ठीक होने की दर में लगातार बढोतरी हो रही है

प्रवासी मजदूरों के आवागमन के कारण भी प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में बढोतरी हो रही है

राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल को आज जयपुर से एयरलिफ्ट कर गुडगांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है गौरतलब है कि श्री मेघवाल को ब्रेन हेमरेज होने के बाद उनका जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ईलाज चल रहा था उनके परिजनों की इच्छा पर उन्हें मेदांता होस्पिटल शिफ्ट किया गया है

राज्य के सीमावर्ती इलाकों में टिड्डी दल के हमले से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है बाडमेर जिले में कई इलाकों में टिड्डी दल ने हमला कर दिया प्रशासन की ओर से कीटनाशक का छिडकाव कर टिड्डियों पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर केन्द्र की ओर से मदद दिलाने का आग्रह किया है